सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

कोरोना वैक्सीन भारत ने सात करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाकर कीर्तिमान बनाया है देश में छह करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है

यह देश की दूसरी अपनी तरह की प्रयोगशाला है पहली प्रयोगशाला उत्तराखण्ड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है जन आंदोलन नीमच जिले के मनासा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है

यह ट्रेन शामगढ़ से कोटा के बीच चलाई जाएगी